संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने आशा व्यक्त की है कि अगले वर्ष मार्च तक ढाई ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सम्पर्क स्विधा हो जायेगी आज नई लाख दिल्ली में अपने मंत्रालय की चार वर्ष की उपलिब्ध्यों की संवाददाताओं को जानकारी देते हये श्री सिन्हा ने कहा कि भारत नेट परियोजना के तहत एक लाख ग्रामपंचायतों को हाई स्पीड ब्राडबैंड सम्पर्क स्विधा करा दी गई है मंत्री ने कहा कि गत चार सालों में संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हये है और द्र संचार की आधारभूत सेवाओं पर सरकार का खर्च भी छ गृणा बढ़ा है

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों विभागध्यक्षों मंडल आय्क्तों उपाय्क्तों बोर्डो व निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों विश्वविदयालयों मे जारी पत्र में सरकार के इस निर्णय के अन्सार अपने सम्बधित सेवा नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिये गये है हरियाणा प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों की निर्बाध पढ़ाई के लिए जीरो ड्रोप आउट नियम का अभियान चलाया जायेगा ताकि ऐसे बच्चों की शिक्षा में कोई व्यवधान न आये श्रम एवं रोज़गार श्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दवारा विश्व बाल श्रम निरोधी दिवस पर आयोजित बचपन बचाओं कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी देते हए बताया कि प्रदेश में उन्हत्तर बाल देखभाल ग्रह है जहां लावारिस बच्चों का भी संरक्षण होता है इस कार्य में सामाजिक संस्थाओं व एनजीओ को आगे आना चाहिए

हरियाणा सरकार ने हरयिाणा सिविल कार्यालय में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई करने और महिलाओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण देने के लिये आईएएस अधिकारी श्रीमती नीरजा शेखर की अध्यक्षता मे एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की है मुख्य सचिव कार्यालय जारी एक अधिसूचना के अन्सार उप महाधिवक्ता स्श्री नीलम कश्यप प्स्तकालय श्रीमती आरती चड्डा और अवर सचिव श्री सतबीर सिंह इस के सदस्य होंगे केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर ने कहा है कि फरीदाबाद जिले के गांव मंझवाली में यम्ना नदी के ऊपर बने रहे प्ल का निर्माण इस वर्ष दिसम्बर तक प्रा कर लिया जायेगा

चार साल मे अपने मंत्रालय की उपलब्धियों पर कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड़डा ने कहा कि मंत्रालय ओर सभी स्वास्थ्य कर्मियों के संयुक्त प्रयासो से सरकार प्रतिमाह एक हजार मात् मृत्य् को रोकने में कामायब रही मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्रीराष्ट्रीय डायलसिस कार्यक्रम के तहत दो लाख अड़तीस हजार रोगी लाभावित हये है उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी स्वास्थ्य सेवाओं पर टीके म्फ्त उपलब्ध है और टीकाकरण कार्यक्रमों का हर दौर रोकथाम योग्य बीमारियों से बच्चों को स्रक्षित बना रहा है

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष दो हजार तीस तक यह लक्ष्य स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में संस्थागत डिलीवरी भी इस वर्ष छ प्रतिशत बढ़कर बानवें प्रतिशत हो गई है हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने दिल्ली को पानी की आपूर्ति में मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से करने पर ज़ोर दिया है दिल्ली के म्ख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक पत्र के जवाब में भेजे गये एक अर्धसरकारी पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को दिल्ली जल बोर्ड की अंदरूणी कार्रवाई के माध्यम से आसानी से हल किया जा सकता है और कहा है कि अधिकारियों ने केजरीवाल के सामने तथ्यों को पूरी तरह प्रस्त्त नहीं किया है म्ख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के पानी के हिस्से और आंवटन के मामले में ऊपरी यम्ना नदी बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है

सेल का म्ख्य उद्देश्य रोजगारों के अवसरसों और संपत्ति के निर्माण के लिए छात्रों में उदयमशीलता को बढ़ावा देना है

ये कलब पालिटैकनिक के स्थापित उतकृष्टता केन्द्रों और मारूति स्ज्की के सहयोग से सरकारी पालिटैक्टनिक मानेसर और इन्क्यूबेशन सेंटर सेटअप के साथ समन्वय भी करेंगे रोहतक प्लिस ने नामी पहलवान राकेश मोखरीया को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया है

मोखरिया रेसलिंग में नैशनल चैम्पियन रह च्का है और आसनिया गैंग का वांटेटिड अपराधी है शराब के ठेकेदार बलबीर की गत वर्ष जून में ठेकों की हिस्सेदारी को लकर गैंगस्टर रोहतास आसनिया के कहने पर हत्या की गई थी आसनिया अभी जेल मे है इस मामले में प्लिस ने अमित को छ दिन पूर्व गिरफ्तार किया था भिवानी के खिलाड़ी स्रेन्द्र सिंह ने गत दिनों काठमांड्र में आयोजित पावर लिफिटंग प्रतियोगिता मे तिरानबे किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीत कर देश और प्रदेश क नाम रोशन किया है स्रेनद्र के आज भिवानी पहंचने पर खेल प्रेमियों व शहरवासियों ने उसका भव्य सवागत किया इस मौके पर स्थानीय विधायक घनश्याम सर्राफ ने भी स्रेन्द्र और उसके परिजनों को बधाई दी है

नवदीप को मोहम्मद शमी की जगह टीम में लिया गया है तेज़ गेदबाज़ नवदीप सोनी इससे पहले दिल्ली की तरफ से रणजी खेल च्के है

नवदीप के पिता हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग में ड्राईवर के पद से रिटायर हये है

स्रजीत पंचकूला कंट्रोल रूम में तैनात था हादसे के आरोपी ट्रैक्टर चालक फरार है प्लिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश श्रू कर दी है यम्नानगर व जगाधरी क्षेत्र में अलग अलग हादसों में चार लोगों की मौत हो गई गांव किसनप्रा माजरा निवासी ब्ज्र्ग फ्ल सिंह की कंरट लगने से मौत हो गई वही जगाधरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अज्ञात य्वक का शव मिला है यम्नानगर के पास एक कार की अज्ञात वाहन से टक्कर मे इसमे सवार सोलन निवासी भगवान व रोहित चाचे भतीजें की मौत हो गई हादसे में घायल दो लोगों को पीजीआई रैफर किया गया है

इस दौरान आंशिक बादल और धूलभरी हवायें चल सकती है